कल कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन के प्रस्तावों को रद्द करके इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई

इस विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर त्रंत तलाक देने को अमान्य और अवैध करार दिया गया है इसमें इस तरह से वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध घोषित करने तथा इसके लिए तीन साल के कारावास का भी प्रावधान किया गया है

विधेयक पर हई चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसे किसी धर्म को ध्यान में रखकर नहीं लोया गया है बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना है इससे पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और संवैधानिक मुद्दा होने के कारण इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा जाएगा तथा नौजवानों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा

नगरीय विकास और आवासन स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए नई योजनाए बनाई जायेंगी जिनसे शहरों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा नागरिकों को सुविधाए मिलेंगी और आम आदमी को लाभ होगा श्री धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में यातायात की गहरी समस्या को देखते हुए नये फ्लाई ओवर बनाये जायेंगे उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के संबंध में न्यायालय के निर्णय की पालना की जायेगी

भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तीन राज्यों में हई हार के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसानों की नाराजगी को कम करने और उन्हें राहत देने के उपायों पर मंथन कर रहा है एजेन्सी के अनुसार कल रात श्री शाह ने केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद और केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक की और किसानों के मुद्दो पर चर्चा की कल शाम मंत्री परिषद की बैठक हुई लेकिन केबिनेट बैठक के निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी सरकार आज संवाददाता सम्मेलन करके इस बारे में जानकारी दे सकती है

यह बॉण्ड भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं पर उपलब्ध होगा

राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने च्नाव बाँड की व्यवस्था की है

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल जयपुर में यह जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को पहली बार अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन करने का अवसर मिलेगा श्री शर्मा ने प्रदेश के राज्यपाल सरकार के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों को कुम्भ मेले में आने का न्योता भी दिया

उन्होंने बताया कि यह निर्णय एक सप्ताह में लागू हो जायेगा और नये साल से यात्री इसका लाभ उठा सकेंगे इधर पर्यटन और परिवहन मंत्रालय से जुडी संसद की स्थायी समिति ने किराये को लेकर निजी विमान सेवाओं की मनमानी पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर अंकृश लगाने की सरकार से सिफारिश की है

इन संस्थाओं में जिला परिषद का एक और पंचायत समिति के दस वार्ड शामिल है

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट पार्टी का ध्वज फहरायेंगे